नगर निगम ने जल वितरण सीवरेज और शहरी परिवहन सुविधाओं को विकसित करने के लिए ये कदम उठाया है मुख्यमंत्री ने मुंबई प्रवास के दौरान कल सीआईआई के कार्यक्रम में हिस्सा लिया और प्रदेश में निवेश के संदर्भ में विभिन्न देशों के वाणिज्यिक दूतों और उद्योगपतियों से मुलाकात की

लाल सिंह आर्य सामान्य प्रशासन मंत्री लाल सिंह आर्य ने बैतूल जिले के चौपना गांव में कस्तूरबा गांधी छात्रावास की बालिकाओं और उनके परिजनों की छात्रावास अधीक्षक के खिलाफ प्राप्त शिकायतों की जांच करने के आदेश जिला शिक्षा अधिकारियों को दिए हैं श्री आर्य ने बालिकाओं की शिकायतों पर कहा कि शीघ्र ही जांच रिपोर्ट के बारे में उन्हें बताया जाए और यदि अधीक्षक दोषी पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाए

राज्यपाल राज्यपाल आनंदी बेन पटेल ने किसानों को जैविक खेती के लिए प्रेरित करते हुए कहा है कि यह खेती को लाभ का धंधा बनाने का सशक्त माध्यम है गुजरात से आये किसानों के दल से मुलाकात में उन्होंने खेती के नये तरीकों के बारे में अपने अनुभव साझा किये श्रीमती पटेल ने कहा कि प्रदेश सरकार ने किसानों के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएं लागू की है जिनका लाभ लेने के लिए किसानों को खुद आगे आना होगा उन्होंने किसानों से अपने बच्चों को खेती से जुड़े कुटीर उद्योग स्थापित करने के लिए प्रेरित करने का कहा

मुख्यमंत्री ने कहा कि वानिकी विकास योजनाओं से जहाँ एक ओर हरियाली का विस्तार होगा वहीं दूसरी ओर ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के नये अवसर भी निर्मित होंगे श्री चौहान ने यह बात हरियाली महोत्सव के तहत प्रदेशवासियों के नाम जारी अपने संदेश में कही हैं श्री चौहान ने कहा है कि मनुष्य का जीवन पर्यावरण में संतुलन पर निर्भर है उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने पिछले वर्ष नर्मदा सेवा यात्रा के दौरान जन सहयोग से व्यापक स्तर पर पौध रोपण किया गया श्री चौहान ने प्रदेश के प्रत्येक नागरिक से एक पौधा लगाने का संकल्प लेने की अपील की है उन्होंने उम्मीद जताई है कि हरियाली महोत्सव पौध रोपण के साथ पौधों की सुरक्षा के प्रति जागरूकता लाने में अवश्य सफल होगा हादसा शिवपुरी जिले में दो वाहनों की आमने सामने की टक्कर में एक व्यक्ति की मौत हो गई पोहरी पुलिस सूत्रों ने बताया कि पोहरी बैराड रोड पर कल देर रात एक ट्रैक्टर और पिकअप वैन की आमने सामने की टक्कर में पिकअप वैन के चालक की मौत हो गई और दो व्यक्ति घायल हो गए वही इंदौर जिले के महू तहसील क्षेत्र में आज एक कार सड़क किनारे गहरे गड्डे में गिर गयी जिससे एक युवक की मौत हो गयी और दो अन्य घायल हो गए दोनों को पास के अस्पताल पहुंचाया गया

भोपाल में आज सुबह तेज बारिश होने से तापमान में गिरावट आ गई है यहां अभी भी रूक रूक कर वर्षा का दौर जारी है भोपाल में मौसम की ये पहली बारिश है राजधानी के मुख्य व्यावसायिक क्षेत्र एमपी नगर समेत पुराने भोपाल के एक बड़े हिस्से में जगह जगह जल भराव की स्थिति बनने से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा सुबह से तेज बारिश के कारण स्कूल जाने वाले बच्चों की संख्या में भी कमी दिखाई दी वहीं आफिस का समय होने पर शहर के मुख्य मार्गो पर लम्बा जाम लगा रहा मौसम विभाग ने आठ जुलाई से समूचे प्रदेश में बारिश में तेजी आने की संभावना व्यक्त की है

यहां वे विभिन्न कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे

इसके अलावा संबल योजना में किसानों को अनेक सुविधायें दी जा रही है